राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश जिले शीतलहर की चपेट में

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

प्रधानमंत्री ने एसोचैम के सौवें स्थापना दिवस कार्यक्रम को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुये कहा कि गांव के किसान डिजिटल मार्केट में आसानी से पहुंच सके इसके लिये प्रयास किया जा रहा है उन्होंने कहा कि सरकार इंटरनेट कनेक्टिवीटी बढ़ाने पर काम कर रही है साउंड बाईट आज देश में फिजिकल और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर विशेष फोकस किया जा रहा है गांव के किसान की रीच भी डिजिटली ग्लोबल मार्केटस तक हो इसके लिए देश के हर गांव तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाने में हम जुटे हैं

डिजिटल स्पेस की सिक्योरिटी के लिए एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान जब विश्व में निवेश की गतिविधियां प्रभावित हुई उस समय भारत में प्रत्यक्ष विदेशी और विदेशी पोर्टफोलियों में रिकॉर्ड स्तर पर निवेश किया गया

आज आपके पास हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए संभावनाएं भी हैं और नए अवसर भी हैं श्री मोदी ने कहा कि दूनिया में भारत को लेकर इतनी सकारात्मक सोच पहले कभी नहीं थी उन्होंने इस सफलता को एक सौ तीस करोड़ भारतीयों के आत्मविश्वास का फल बताया है प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हुए अपने लिए नई जगह बना रहा है श्री मोदी ने कहा कि आज देश में भौतिक और डिजिटल आधारभूत संरचना खड़ी करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है

ये समय भारतीय इंडस्ट्री के रूप में आपकी कैपेबिलिटी कमिटमेंट और करेज को दुनिया भर को हमे एक बार विश्वास के साथ दिखा देना है और हमारा चौलेंज सिर्फ आत्मनिर्भरता ही नहीं है बल्कि हम इस लक्ष्य को कितनी जल्दी हासिल करते हैं ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर गांवों में पैदा होने वाली जैविक जड़ी ब्रटी और कृषि उत्पादों को समर्थन मिले तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था ब्रलंदियों पर पहुंच सकती है प्रदेश के किसानों की समस्याओं के समाधान के लिये प्रमंडल से लेकर पंचायत स्तर तक किसान दरबार लगाया जायेगा कृषि मंत्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को कृषि पदाधिकारी किसानों की समस्या सुनेंगे इस दौरान विभाग कोई अन्य कार्य नहीं करेगा उन्होंने कहा कि प्रत्येक कृषि पदाधिकारी को सप्ताह में तीन दिन किसानों के बीच रहने का निर्देश दिया गया है श्री सिंह ने कहा कि किसानों की समस्या के लिये एक रजिस्टर बनाया जायेगा जिसमें प्ररी जानकारी दर्ज होगी केंद्र सरकार ने कहा है कि सतहत्तर हजार छह सौ आठ करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ चालू खरीफ मौसम में खरीद गतिविधियों से लगभग अड़तालीस लाख अट़ठाईस हजार किसानों को फायदा हुआ है कृषि मंत्रालय के अनुसार बिहार पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में चार सौ ग्यारह लाख टन से अधिक धान की खरीद हो चुकी है इधर राज्य में धान की खरीद में पहले स्थान पर बेगूसराय जिला है जबकि औरंगाबाद जिले में सबसे कम धान खरीद की गई है केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड वैक्सीन सुरक्षा और प्रभाव के आधार पर विनियामक निकायों की मंजूरी के बाद ही देश में लोगों को उपलब्ध कराई जायेगी स्वास्थ्य मंत्रालय ने विभिन्न पहलुओं पर कोविड उन्नीस वैक्सीन के बारे में अक्सर प्रछे जाने वाले प्रश्नों की एक श्रृंखला जारी की है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना के सात सौ बारह नये मामलों की पुष्टि हुई कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो लाख छियालीस हजार छह सौ पैंतालीस हो गयी है सबसे अधिक पटना से दो सौ अठासी मामले सामने आये नवादा से पैंतीस मुजफ्फरपुर से तीस मधुबनी से पच्चीस जहानाबाद से चौबीस और भागलपुर से बाईस मामलों की पुष्टि हुई है अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आये हैं पच्चीस दिनों के बाद राज्य में एक साथ सात सौ से अधिक मामले दर्ज किये गये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के आंख नाक गला रोग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर आलोक ठक्कर ने कहा कि सही ढंग से मास्क पहनने दो गज की दूरी बनाए रखने और निरंतर हाथ धोने से व्यक्ति कोरोना संक्रमण से खुद सुरक्षित रहेगा और दूसरों को भी सुरक्षित रखेगा

अब ये तो बात हम सबको समझ आ गई कि हमेशा ये बहुत खतरनाक बीमारी नहीं होती कई बार तो ज्यादा लक्षण होते ही नहीं हैं फिर भी बीमारी जो है हो के निकल भी जाती है पर ये लापरवाही की बात नहीं है चार से छह जरूर होते हैं सौ में से जिनमें कि बहुत सीवियर बीमारी हो जाती है पता ही है आप सबको कि एक दो में मृत्यु भी हो जाती है तो इसलिए सावधानी कम करने की कोई बात नहीं बनती सावधानी ये समझ के चलें कि अगर कम से कम अपने लिए नहीं कर रहे हैं तो बाकियों के लिए कर रहे हैं जब आप मास्क लगाते हैं तो ये तो जरूर रहता है कि किसी और से आपको इंफैक्शन नहीं होगा पर ये भी होता है कि कहीं न कहीं अगर आप में अभी ए सिम्प्टोमैटिक वाला कोरोना है तो आप किसी और को न दें जैसे समझ लीजिये कि जैसे कि जब आप गाड़ी चलाने निकलते हैं साइकिल चलाने निकलते हैं तो सड़क के बायें तरफ रहते हैं

इसलिए हमेशा मास्क लगाना बड़ा जरूरी है अपने प्रोटैक्शन के लिए भी और दूसरों के प्रोटैक्शन के लिए थोड़ा रिसपोन्सिबल नागरिक बनना जरूरी है सोन नदी पर बने कोइलवर पुल पर अगले वर्ष पांच जनवरी से दो फरवरी तक सप्ताह में दो दिन वाहन नहीं चलेंगे सप्ताह में मंगलवार और शुक्रवार को सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक मरम्मत कार्य किये जायेंगे

राजधानी पटना सहित प्रदेश के छब्बीस जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है मौसम विभाग ने पटना गया नालंदा सिवान सारण मधुबनी दरभंगा समेत अन्य जिलों के लिये ऑरेंज अलर्ट जारी किया है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक एस के पटेल ने कहा है कि पूरा प्रदेश कोल्ड वेव की चपेट में है

साउंड बाईट राज्य में अब तक का सबसे कम तापमान गया में तीन दशमलव छह डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है जबकि डेहरी में न्यूनतम तापमान चार दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रहा मौसम बदलने के कारण विमान और रेल यातायात पर भी असर पड़ा है पटना आने जाने वाले बारह विमान देरी से पहुंचे वहीं चिकित्सकों ने सांस और उच्च रक्तचाप वाले मरीजों को सावधान रहने को कहा है भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी संजीव कुमार सिंघल को राज्य का प्रलिस महानिदेशक बनाया गया है गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है वर्ष उन्नीस सौ अठासी बैच के आईपीएस श्री सिंघल इसके पूर्व इस पद पर प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे थे गौरतलब है कि श्री सिंघल गृह रक्षा वाहिनी और अग्निशमन विभाग में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं वे अगले वर्ष अगस्त महीने में अवकाश ग्रहण करेंगे कोरोना महामारी के दौरान संपन्न बिहार विधान सभा चुनाव देश के अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव के लिये एक मिसाल बन गया है भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत को दूसरे राज्यों में होने वाले विधान सभा चुनाव के लिये अधिकारियों और कर्मियों को प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी सौंपी है आयोग ने इन्हें रिसोर्स पर्सन बनाया है दोनों पदाधिकारी वर्ष दो हजार इक्कीस में पश्चिम बंगाल तमिलनाडू असम और पुडुचेरी में होने वाले चुनाव में अपने अनुभवों को साझा करेंगे मुजफ्फरपुर जिले में डीआरआई की टीम ने एक करोड़ बीस लाख की विदेशी सिगरेट जब्त की है यह सिगरेट लखनऊ ले जायी जा रही थी इस मामले में दो लोग गिरफ्तार किये गये हैं वहीं पटना पुलिस ने वाहन जांच के दौरान ओडिशा से पटना लाये जा रहे सात क्विंटल गांजा जब्त किया है इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है राज्य में कल विशेष रूप से चलाये गये वाहन जांच में पुलिस ने पैंसठ अपराधियों को चोरी के सड़सठ वाहनों के साथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अपराधियों के पास से छह अवैध हथियार और नौ जिंदा कारतूस भी जब्त किये गये वहीं ओवरलोडेड वाहनों की विशेष जांच अभियान के दौरान दो सौ सात ट्रकों पर जुर्माना लगाया गया जबकि एक सौ इक्यावन वाहनों को पुलिस ने जब्त कर लिया समस्तीपुर जिले के विशेष पास्को न्यायालय ने एक बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या किये जाने के मामले मे आरोपी रामलाल महतो को फांसी की सजा सुनाई है पास्को के विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार ने बताया कि जिले के दलसिंहसराय थाना के पांड़ गांव मे दो जून दो हजार अठारह को तीन वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी इस मामले में दलसिंहसराय थाना में एक मामला दर्ज कराया गया था मुजफ्फरपुर जिले में संपन्न जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता के हैमर थ्रो चैंपियनशिप में मुजफ्फरपुर की अर्पित और निकिता ने स्वर्ण पदक जीता है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश में बढ़ रही ठंड की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान लिखता है पटना समेत छब्बीस जिले शीतलहर की चपेट में प्रभात खबर की सुर्खी है बेटियां बढ़ा रही बिहार का मान दैनिक भास्कर ने राजगीर में बन रहे ग्लास ब्रिज पर शीर्षक दिया है देश का पहल स्काई हैंगिग वॉक व दूसरा ग्लास फ्लोर ब्रिज राजगीर में आज अखबार ने चार जनवरी से स्कूलों के खुलने पर लिखा है शिक्षा विभाग कल जारी करेगा गाइडलाईन बच्चे हैं खुश जायेंगे स्कूल दैनिक जागरण ने आस्ट्रेलिया के एडिलेड में भारतीय टीम की हार पर लिखा है छियासी मिनट बानवे गेंद और काम तमाम

राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश जिले शीतलहर की चपेट में